हरियाणा राज्य की जलापूर्ति की विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन को गति देने तथा बाधाओं के निवारण के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने केन्द्र से सहयोग की अपील की है म्ख्यमंत्री आज नई दिल्ली में केंद्रीय जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री श्री नीतिन गडकरी के साथ बैठक कर विभिन्न परियोजनाओं विशेषकर रेण्का बांधकिसाउ बांध व लखवार बांध के निमार्ण कार्यों में गति लाने की अपील की ताकि प्रदेश में जलापूर्ति बढ़ाई जा सके म्ख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा क्षेत्र में बी एम एल हांसी ब्टाना लिंक नहर जल वितरण की महत्वपूर्ण परियोजना है जिसके केंद्र से सहयोग की अपील की है

केन्द्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियानवयन मंत्री डी वी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि सरकार हर तरह से सांख्यिकी की प्रणाली में स्धार के लिए वचनबद्ध है उन्होंने कहा कि सांख्यिकी प्रबंधन के क्षेत्र में अन्य देशों दवारा सफलता पूर्वक अपनाई जा रही है बेहतर प्रक्रियाओ को यहां भी अपनाया जा सकता है मंत्री ने नई दिल्ली में आकड़ों पर दो दिवसीय गोलमेज सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे इस सम्मेलन में आस्ट्रेलिया कनाडा और कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से जाने माने सांख्यिकी प्रबंधन के लिए अपनाई जा रही बेहतर प्रणाली की जानकारी दी नीतियां बनाने में आंकड़ो के महत्व का जिक्र करते हुए श्री गौड़ा ने कहा कि सुशासन की ब्नियाद है और लोकहित की प्रर्ति व रक्षा के लिए सांख्यिकी प्रबधन में स्धार जरूरी है

अम्बाला के सिविल सर्जन डॉ म्केश क्मार के अन्सार शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों झोपड़ पट्टियों ढाणियों में बढ़ती जनसंख्या के द्वष्परिणामों व जनसख्या नियत्रण के उपायो की जानकारी दी जा रही है

हरियाणा में अब स्कूली बच्चों की भांति कालेज व यूनिवर्सिटीज के छ लाख विद्यार्थी भी पौधारोपण करेंगे इसके लिए सभी प्राइवेज व सरकारी कालेजों व विश्वविद्यालयों को पौधारोपण दिवस मनाने को कहा गया है शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा ने आज चंडीगढ़ में बताया कि इन विदयार्थियों को अपने घर या आसपास एक पौधा जरूर लगाना चाहिए पौधे बन विभाग उपलब्ध करायेगा इसके अलावा छात्रों को पर्यावरण संरक्षण विषय पर एक प्स्तिका भी दी जायेगी

अन्सूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने आज चंडीगढ़ में बताया है कि कृषि एवं सबद्ध क्षेत्र के अंतर्गत तीन सौ चौवालिस लाभार्थियों को डेयररी फार्मिंग सुअर पालन भेड़ पालन और झोटा ब्ग्गी के लिए के लिए एक करोड़ इक्यानवे लाख चालीस हजार रूपये का ऋण दिया गया है जिसमे एक करोड़ बहतर लाख पचासी हजार रूपये बैंक ऋण साढ़े अटठारह लाख रूप्ये सबसिडी व सात हजार रूपये मार्जन मनी के रूप में जारी की किये गये इस तरह व्यापार व कारोबर क्षेत्र के तहत तिरासी लाभर्थियों को बहतर लाख तीस हजार रूपये की राशि दी गई

इसके अलावा पचास हजार रूपये की सबसिडी भी वितरित की गई हरियाणा के म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल व पर्यटन मंत्री श्री राम बिलास शर्मा ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय विदेश मंत्री श्रीमती स्षमा स्वरात से भेंट कर उन्हें इस वर्ष सात दिसम्बर से होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह में शामिल होने का न्यौता दिया म्लाकात के दौरान विदेशों में भी इस महोत्सव का प्रचार प्रसार करने तथा महोत्सव में आने वाले पर्यटकों के साथ तालमेल रखने बारे चर्चा की गई पिछले वर्ष देश विदेश से करीब तीस लाख लोगों ने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्जकराई थी बैठक मे बताया गया कि इस बार का मुख्य आकर्षण अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी एवं आध्यात्मिक प्रतिष्ठानों की प्रदर्शनी एवं श्री कृष्ण कथा पर आधारित भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे एनसीसी की तर्ज पर स्कूली विद्यार्थियों को प्लिससिंग व्यवस्था से रूबरू करवाया जायेगा इसके लिए प्रदेश के छात्र प्लिस कैडेट प्रोजेक्ट एसपीसी श्रू किया जायेगा इसक माध्यम से सरकार की मंशा छात्रों को राष्ट्रीय य्वा नीति के उद्देश्यों के दृष्टिगत राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करना है

कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया सलाहकार प्रभारी रणदीप सिंह स्रजेवाला ने हाल की फसलों के दामों में की गई वृदवि को नाकाफी बताया है चंडीगढ़ में एक प्रैस बयान में उन्होंने कहा कि किसानों को न तो पर्याप्त समर्थन मूलय मिला है और न ही उनकी मेहनत के अन्रूप कीमत दी गई है उन्होंने कहा कि खादों कीटनाशकों को खेती उपकरणों व डीज़ल आदि की कीमतों मे बेहताशा वृद्वि से किसानों की फसल लागत बढ़ गई है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी व आकाली दल दवारा फसल कीमतों में की गई वृदवि के स्वागत और ग्णगान को वाहवाही लूटने की कोशिश बताया

अम्बाला में विभागीय अधिकारी ने बताया कि अन्सूचित जाति के जो लोग पहले से मत्स्य पालन कर रहे हे उनकों तालाब की प्रथम की वर्ष की पट्ट व राशि पर अनुदान दिया जायेगा इच्छुक लोग कार्यालय में आवेदन कर सकते है